केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और नगा शांति वार्ताकार आर एन रवि ने कल कोहिमा में नगा सोसायटी के प्रमुख पक्षों से विस्तार से परामर्श किया सरकार के साथ हुई सहमति के बाद नैशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड आइजक मुइवा गुट के कुछ नेताओ द्वारा बेबुनियाद आशंकाओं को लेकर लोगो को गुमराह किए जाने को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई थी बैठक में नगालैंड के सभी चौदह नगा जनजाति अल्पसंख्यक गैर नगा जनजाति नगालैंड जी बी परिसंघ और नगालैंड जनजातीय परिषद के शीर्ष नेता शामिल हुए समझौते पर व्यापक विचार विमर्श के दौरान विभिन्न शंकाओ का समाधान किया गया

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत संचालित एनआरसी वाई के निदेशक डॉक्टर पृथ्वीराज चक्रवर्ती ने लेह हिल काउंसिल के पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित लद्दाख के याक पालकों की दूसरी बैठक में ये विचार व्यक्त किए एन आर सी प्रे हिमालय में याक की बेहतर नस्लों के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है डॉक्टर पृथ्वीराज ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओ के अनुरुप याकों का भ्रूण बैंक बनाने पर विचार किया जा रहा है डॉक्टर पृथ्वीराज ने कहा कि याक के पालन को लाभदायक बनाने के लिए द्रध पनीर और ऊन जैसे उत्पादों को बेचने की योजना है उन्होंने याक पालकों से अपील की कि वे याकों की संख्य बढ़ाने और इनकी नस्लों में सुधार करने के अपने पारंपरिक ज्ञान को शोध संगठनों के साथ भी साझा करें

लोकसभा के दो निर्वाचन क्षेत्रों और सत्रह राज्यों में विधानसभा के इक्यावन क्षेत्रों में कराये जा रहे उपचुनाव के लिए प्रचार भी आज शाम थम जाएगा बिहार में समस्तीपुर और महाराष्ट्र में सतारा लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है उधर विभिन्न राज्यों में विधानसभा के उप चुनाव के तहत उत्तर प्रदेश में ग्यारह ग्रजारात में छह केरल और बिहार में पांच पांच सिक्किम में तीन पंजाब और असम में चार चार तमिलनाडु राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में दो दो तथा औड़िसा तेलंगाना मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ मेघालय पुद्दचेरी और अरुणाचल प्रदेश में एक एक सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है

इस अवसर पर उन्होंने पुरस्कार विजेताओ को बधाई देते हुए उन्हें जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी उन्होंने कहा कि भारत स्काउटस एण्ड गाइड़स ऑर्गेनाइजेशन छात्रो में क्षमता निर्माण बढ़ाने में मदद करता है

नामसाई में उद्यमिता विकास कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कृषि वैज्ञानिको से वाक्रों क्षेत्र को संतरा उत्पादन केंद्र के रुप में पून स्थापित करने का आग्रह किया उप मुख्यमंत्री ने राज्य में संतरे की बागवानी में बिमारी के कारण घतटे उत्पादन पर चिंता जताते हुए वैज्ञानिकों से इसका स्थायी समाधान निकालने को कहा श्री चाऊना मेन नें कहा कि राज्य के किसानों को आत्म निर्भरता बनाने के लिए स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुरुप खेती या बागवानी के लिए प्रोत्साहित करना होगा